प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि स्वयं सहायता समूह देश के ग्रामीण इलाकों में विशेष्कर छोटे उद्यमियों व श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है पूरे देश में दस लाख से ज्यादा महिलाओं वाले स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूह गरीबों खासकर महिलाओं के लिए आर्थिक विकास की ध्री बने हुए है उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की शक्ति सार्मथ्य तथा कौशल को पहचानने की जरूरत है प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में महिलाए प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रही है और देश के कृषि तथा डेयरी क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को नज़रअदांज नही किया जा सकता उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत दीन दयाल अंत्योदय योजना के तहत लाखों ग्रामीण परिवारों तक पहंचने का ल्क्ष्य रखा गया है

प्रधानमंत्री ने उनकी आर्थिक स्थिति में हए स्धार के बारे में जाना और अपने सुझाव भी दिए सोनीपत में दीन दयाल उपाध्याय योजना के प्रभारी अजय ने बताया कि विभिन्न खंडों के खिजरप्र माजरा चिटाना आदि गांवों में भी लोग सीधा संवाद कार्यक्रम में शामिल हए पीएनबी ग्रामीण स्वरोज़गार शिक्षण संस्थान के निदेशक वाई पी क्मार ने उनके शिक्षण में प्रशिक्षण हासिल कर सफलता की कहानी लिखने वाली ममता का उदाहरण दिया इसी प्रकार स्वयं सहयता समूह जय माता दी ठरू की बबीता नारी एकता बड़वासनी की सुमित्रा तथा ज्योति ग्रुप महलाना की सुमन और सारथी रतनगढ़ की भावना ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के लिए सरकारने बेहतरीन ऋण स्विधा लागू की है तथा इसका लाभ उठाकर महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है केन्द्र सरकार ने करों से जुड़े मामलों में अपील दायर करने की राशि सीमा बढ़ा दी है

अभी यह राशि दस लाख रूपये है यदि कर की राशि पचास लाख रूपये है तो अपील उच्च न्यायालय में की जायेगी सर्वोच्च न्यायालय से सम्बधित अपील के मामलों में यह सीमा एक करोड़ रूपये तक बढ़ा दी गई है हरियाणा परिवहन आवास एवं जेल मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा है कि इस वर्ष राज्य परिवहन विभाग के बेड़े में साढ़े छ सौ नई बसे शामिल की जायेगी

श्री पंवार आज अम्बाला शहर में लोक सम्पर्क एवं शिकायत निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करते करने के उपरान्त मीडिया से बातचीत कर रहे थे उन्होंने बताया कि यात्रियों की संख्या के आधार पर सौ रूटों पर मिनी बसे भी उपलब्ध करवाई जाएगी स्नारिया जेल की स्रक्षा बढ़ाने के सवाल के सवाल पर मंत्री ने कहा कि कैदियों व बंदियों की स्रक्षा जेल विभाग की पहल प्राथमिकता है और उसी दृष्टि से स्रखा मानदंड उपलब्ध करवाए जा रहे है डेरा सच्चा सौदा मामले में अम्बाला जेल में बद हनीप्रीत द्वारा मुलाकात और फोन स्विधा को लेकर न्यायालय में दायर याचिका पर श्री पंवारने कहा हनीप्रीत की उसके परिजनों से नियमान्सार मुलाकात करवाई जाती है कि और जहां तक फोन स्विधा उपलब्ध करवाने का प्रश्न है इस पर न्यायालय के आदेश के बाद ही कोई कार्यवाही संभव है

म्ख्यमंत्री ने आज पंचकूला में महिला सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण के विषय पर आयोजित एक और सुधार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं के विरूद्व अपराध रोकने के लिए कृत संकल्प है इस कार्यक्रम में म्ख्यमंत्री ने द्र्गा शक्ति एप का श्भारंभ किया उन्होंने स्कूली बच्चों को स्रक्षा के संबंध में जानकारी देने के लिए तैयार किये गए विषय मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेवारी को भी लॉन्च किया जो स्कूल में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेगा इसके अलावा मुख्यमंत्री ने द्र्गा शक्ति वाहिनी फ्लीट को झंडी दिखा कर रवाना किया

उन्होंने कहा कि केन्द्र ने हरियाणा की कलस्टर स्कीम को मॉडल कलस्टर योजना की संज्ञा दी है तथा मध्यम लघ् एवं सूक्षम उद्योगों उद्योगों को इसमें प्रोत्साहन मिलेगा

पत्रकार वार्ता में श्री विप्ल गोयल ने कहा कि वर्तमान सरकार ने च्नाव से पूर्व अपने घोषणापत्र में किये गए सभी वायदों को प्रा किया है जिसमें उद्योगों को एक छत के नीचे स्वीकृतियां देना और इंस्पेक्टरी राज खत्म करने का काम किया है